केन्द्र सरकार ने फिर दोहराया रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा

और प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी

बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों में दिवंगत नेताओं और महान हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई आज दोनों सदनों में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए बारह हजार करोड़ रुपये से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया अट्ठाईस नवम्बर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी इधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालन में सहयोग देने की अपील की उन्होंने विधायी तरीके से सदस्यों से जनहित के मुद्दे उठाने की अपील की सदन में पांच दिवंगत नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र राज्य सभा सांसद राम जेठमलानी पूर्व विधायक सैयद नैय्यर आजम रघुपति गोप और राज्य के पूर्व मंत्री तुलसी दास मेहता को श्रद्धांजलि दी गयी वहीं विधान परिषद् में पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जानेमाने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह सहित विभिन्न गणमान्य लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इसके बाद कार्यवाहक सभापति हारूण रशीद ने सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी आज सदन के पटल पर रखे गये द्वितीय अनुपूरक बजट में जल जीवन हरियाली मिशन के लिए लगभग सत्रह सौ करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए छह सौ तैंतालीस करोड सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के लिए पांच सौ पैंतीस करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए तीन सौ ग्यारह करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दो सौ तेरासी करोड़ और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए एक सौ तैंतालीस करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है इधर सत्र की शुरूआत के पहले कांग्रेस राजद और भाकपा माले के सदस्यों ने भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था बाढ़ सुखाड़ जल जमाव और जेएनयू के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की केन्द्र सरकार ने आज फिर दोहराया है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे का सिर्फ वाणिज्यिकरण किया जा रहा है उन्होंने जोर दिया कि रेलवे पर सरकार का पूरा नियंत्रण और मालिकाना हक रहेगा वहीं श्री गोयल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सभी ट्रेनों और उसके डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया जारी है उन्होंने बताया कि अब तक मुख्य मार्गों पर चलने वाली लगभग एक सौ चौदह ट्रेनों अठासी ईएमयू और चार मेमू ट्रेनों के दो हजार से अधिक डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सात करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हुआ है इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रुपये दिए जाते हैं क्रषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस साल पहली दिसम्बर से इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार आंकड़ों का प्रमाणित होना जरूरी होगा उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों ने लाभार्थियों को आधार आंकड़ों को प्रमाणित करने के बारे में जागरूकता और प्रचार अभियान चलाया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस महीने की बीस तारीख तक देश में इकसठ लाख से अधिक मरीजों के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने की सूचना है लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी दी वहीं श्री चौबे ने बताया कि केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में राज्य कैंसर संस्थान और उपचार केंद्र स्थापित करने के पैंतीस प्रस्तावों को मंजूरी दी है उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों को कैंसर मध्मेह हृदय और मस्तिष्क से संबंधी रोगों की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत यह स्वीकृति दी गई हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार चौबीस नवम्बर को दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की उनसठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा राज्य के पूलिस थानों में केस डायरी को डिजिटल तरीके से लिखे जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और प्रलिस के वरीय अधिकारियों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि अगर इस अवधि में पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई तो संबंधित पूलिस अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य सरकार को सभी थानों को डिजीटल करने के लिए दो सौ पचास करोड़ रुपया मुहैया कराया गया है लेकिन आज तक प्रदेश के थानों को डिजिटल नहीं किया गया चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई टल गयी है श्री प्रसाद की जमानत याचिका पर अब उनतीस नवम्बर को सुनवाई होगी प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पटना गया भागलपुर और पूर्णिया के विभिन्न हिस्सों में तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है सुबह के समय अधिकांश स्थानों पर कोहरे की स्थिति देखी जा रही है इधर कोहरे के दौरान दृश्यता में कमी की संभावना को लेकर विभिन्न विमानन कंपनियों ने एक दिसम्बर से एकतीस मार्च तक पटना हवाई अड़डे से आठ जोड़ी विमानों का परिचालन स्थगित करने का निर्णय किया है औरंगाबाद जिले में राजद नेता और ईंट व्यवसायी मुर्तुजा अली हत्याकांड में पूलिस ने नौ अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है वहीं जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के रफीगंज मदनपूर मार्ग पर एक निजी बस से सड़क किनारे गड़ढ़े में पलट जाने से बाईस यात्री घायल हो गये सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है रोहतास जिले के दनियावां थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो स्थित एक होटल से नशाखुरानी गिरोह के सदस्य एक ट्रक ड्राईवर से एक लाख बीस हजार रुपये लूटकर फरार हो गये अररिया जिले के पटेगना में पूलिस ने छापेमारी कर एक वाहन से एक सौ सत्तर लीटर देशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाइनरी के लगभग तीन सौ ठेका श्रमिकों ने रिफाइनरी प्रबंधन के आश्वासन और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह की पहल पर कल से जारी अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है जमुई जिले में एसएसबी और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर दो कट्टर नक्सलियों को चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है शेखप्रा जिले में जिलाधिकारी ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही के मामले में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सकों और स्वास्थ्य प्रबंधकों के वेतन भूगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है सीतामढ़ी जिले में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कोताही बरतने पर जिलाधिकारी ने मेजरगंज रून्नी सैदपुर रीगा सोनवर्षा नानपुर पुपरी सुप्पी और परसौनी के प्रखंड चिकित्सा पाधिकारियों और अन्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू

केन्द्र सरकार ने फिर दोहराया रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा

और प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी